छत्तीसगढ़ के भीतर माल परिवहन पर ई वे बिल प्रणाली सिर्फ पन्द्रह वस्तुओं पर लागू की जाएगी

श्री मोदी ने कहा कि किसानों को उनकी कुल उत्पादन लागत का डेढ़ गुना दाम दिलाने के लिए चालू वित्त वर्ष के बजट में प्रावधान किया गया है प्रधानमंत्री ने नमो ऐप के जरिये आज देश के छह सौ से अधिक जिलों के किसानों से बातचीत की इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने प्रदेश के कांकेर जिले के बीस किसानों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये सीधा संवाद किया इस दौरान प्रधानमंत्री से किसानों ने खेती करने के उन्नत तकनीक और सफलता की कहानी को साझा किया जिसमें कांकेर के चार सफल किसानों ने खेती के जरिये उनके जीवन में आए बदलावों को बताया श्री मोदी ने नमो ऐप के जरिये किसानों से यह भी कहा कि सरकार चार मुद्दों पर खास ध्यान दे रही है इनमें कच्चे माल की लागत कम करना उपज का उचित मूल्य दिलाना किसान की उपज की बर्बादी रोकना और किसानों को आय के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जायेगा

इस अवसर पर दुनियाभर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर गई हैं रायपुर के इंडोर स्टेडियम में भी योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय विद्युत राज्य मंत्री आरके सिंह करेंगे वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह होंगे और विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों विकासखण्ड मुख्यालयों और ग्राम पंचायतों के स्तर पर सुबह सात से आठ बजे तक सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रम होंगे जिला मुख्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री संसदीय सचिव और निगम मंडल अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में आम जनता के साथ योगाभ्यास करेंगे सामान्य प्रशासन विभाग ने इस सिलसिले में सभी जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिया है परिपत्र के अनुसार प्रभारी मंत्रीगण अपने अपने प्रभार वाले जिलों के कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे उनके अलावा संसदीय सचिव और निगम मंडल अध्यक्ष भी विभिन्न जिलों में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रमो में शामिल होंगे गृहमंत्री पुलिसकर्मी सुविधा गृह मंत्री श्री रामसेवक पैकरा ने कहा है कि राज्य सरकार पुलिस कर्मियों की सभी बुनियादी जरूरतों को संवेदनशीलता से पूरा कर रही है उन्होंने कहा राज्य सरकार नक्सल मोर्चे पर तैनात पुलिस जवानों के साथ साथ प्रदेश के अन्य जिलों में पदस्थ पुलिस कर्मियों के लिए भी आवश्यक सुविधाओं में वृद्वि कर रही है और उन्हें हर संभव बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं श्री पैकरा ने आज यहां इन सुविधाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य शासन द्वारा पुलिस कर्मचारियों की लगातार कठिन और चुनौतीपूर्ण ड्यूटी को ध्यान में रखकर उन्हें एक महीने का अतिरिक्त वेतन भी दिया जा रहा है

गृहमंत्री ने बताया कि पुलिस बल में अब तक अड़तालीस हजार से ज्यादा भर्तियां हो चुकी है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद होने वाले पुलिस के बहादुर अधिकारियों और जवानों के परिवारों की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी सजग है

इस माओवादी पर पांच लाख रूपए का इनाम घोषित था यह माओवादी लंबे समय से बयानार क्षेत्र में एलओएस कमांडर के रूप में सक्रिय था पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर इस माओवादी ने मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया आत्मसमर्पित माओवादी पर कई वारदातों में शामिल रहने का आरोप है उधर दंतेवाड़ा के कोंडापारा से पुलिस ने एक जनमिलिशिया सदस्य को गिरफ्तार किया है

सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के भीतर माल परिवहन पर ई वे बिल प्रणाली सिर्फ पन्द्रह वस्तुओं पर लागू की जाएगी इसमें खाद्य तेल कनफेक्शनरी पान मसाला तम्बाकू उत्पाद प्लाईवुड टाईल्स आयरन एण्ड स्टील इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक माल मोटर पार्टस फर्नीचर फुटवियर बेवरेजेस और सीमेंट आदि शामिल हैं राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि एक जिले के अन्दर माल का परिवहन होने पर किसी भी वस्तु के संबंध में ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं होगी इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है गौरतलब है कि जीएसटी के प्रावधानों के अनुसार राज्य के भीतर पचास हजार रूपए से ज्यादा के माल परिवहन के लिए ई वे बिल बनाने का प्रावधान एक जून से लागू किया गया था हाईकोर्ट दूषित पेयजल रायंपुर में दूषित पानी के कारण फैल रहे पीलिया के मामले में उच्च न्यायालय ने चार अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है कोर्ट ने नेशनल हेल्थ मिशन अमृत मिशन आपदा प्रबंधन और स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारियों को बाईस जून को उपस्थित होने को कहा है गौरतलब है कि पिछले दिनों रायपूर में पीलिया की वजह से एक गर्भवती महिला की मौत होने के बाद उसके पति ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कांग्रेस पत्रकारवार्ता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने आज रायपुर में एक पत्रकारवार्ता में कहा है कि राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और किसानों की बदहाल स्थिति को देखते हए राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान बदहाल हैं राज्य सरकार ने किसानों को इक्कीस सौ रुपए समर्थन मूल्य और हर साल तीन सौ रुपए बोनस देने वादा किया था लेकिन सरकार इस दिशा में विफल रही है

पुलिस ने यह कार्रवाई मारपीट पत्थरबाजी और शासकीय कार्यों में बाधा पहुंचाने के कारण की है मिली जानकारी के अनुसार बीती रात विधायक विमल चोपड़ा और उनके साथियों तथा पुलिस कर्मियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया था इस घटना में सात पुलिसकर्मी सहित करीब बारह लोग घायल हो गए थे वहीं विधायक विमल चोपड़ा को भी इस हादसे में चोटें आई हैं बीवीआर सुब्रमण्यम भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम को प्रतिनियुक्ति पर जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव बनाया है इस संबंध में केन्द्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है श्री सुब्रमण्यम उन्नीस सौ सत्यासी बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं श्री सुब्रमण्यम राज्य शासन में गृह जेल और परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में पदस्थ थे इनके स्थान पर अमिताभ जैन को इन विभागों का प्रमुख सचिव बनाया गया है

वे नवासी वर्ष के थे श्री भगत करीब पैंतालीस साल तक राजनैतिक जीवन में सक्रिय रहे वे पहली बार उन्नीस सौ चौरासी में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जशपुर जिले में बगीचा से विधायक निर्वाचित हुए थे छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद वे भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की सरकार में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया था संक्षिप्त समाचार जशपुर शहर में आज ट्रक की चपेट में आने से मां और उसके चार वर्षीय बेटी की मौत हो गई

कबीरधाम जिले में आज भारतीय किसान संघ के बैनरतले करीब दो सौ किसानों ने अपनी ग्यारह सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा